श्री विज ने इस मौकेपर पत्रकारों से बातचीत में बताया कि यह विज्ञान केन्द्र एक साल मे बनकर तष्ठार हो जायेगा उन्होंने कहा कि यह प्रदेश का सबसे आध्निक विज्ञान केन्द्र होगा और इसे नासा से जोड़ा जायेगा ताकि बच्चों को नवीनतम नियमों और विषयों पर आधारित जानकारी मिल सके

उन्होंने कहा कि विज्ञान केन्द्र बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा

श्री विज ने आज अम्बाला शहर में बनाई गई भारतीय आयर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला का उदघाटन भी किया

कोरोना की स्थिति पर उन्होंने कहा कि दिल्ली के साथ सटे इलाके चिंता का विषय बने हये ह इसलिए दिल्ली के साथ सीमा को पूरी तरह सील रखा जायेगा

वहां से उन्हें सरकारी बसों में रेलवे स्टेशन ले जाया गया जाने से पहले उन्हे मास्क और खाने पीने का सामान भी उपलब्ध करवाया गया

पंचकूला से हमारी संवाददाता सुमन शर्मा ने बताया हाकि आज भी कालका से विशेष श्रमिक रेलगाड़ी उत्तरप्रदेश में फ़्ज़ाबाद के लिए रवाना की गई

रेवाड़ी से भी आज प्रवासी कृषि श्रमिकों को रोडवेज की बसों से ग्रूग्राम रेलवे स्टेश्न भेजा गया